शरद पुर्णिमा पर विशेष पुजा अर्चना का दौर जारी

श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिष्ठित पुरस्कार देने और भारत के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी के लिए दक्षिण कोरिया का आभार प्रकट किया है उन्होंने पुरस्कार स्वीकार कर लिया है

राहुल दौरा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता अपने तीन दिवसीय प्रदेश दौरे पर आज भोपाल पहंचे श्री गुप्ता ने विधानसभा चुनाव के मददेनजर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की इसके अलावा श्री गुप्ता गोविन्दपुरा सीहोर भोपाल मध्य नरसिंहगढ़ और हुजूर में आमसभाओं को संबोधित करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज ग्वालियर पहुँची मुख्यमंत्री ने जिले की तिकोनिया कंपनी बाग रोड पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया दिव्यांग निर्वाचन निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान दिव्यांगजनों की रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं आयोग ने सामान्य फोटो मतदाता पर्ची के अलावा दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि वाली फोटो मतदाता पर्ची जारी करने के आदेश दिये हैं व्हीलचेयर के सहयोग से चलने वाले मतदाताओं के लिए रैम्प की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है ऐसे मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्राथमिकता के साथ प्रवेश दिया जायेगा आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि मतदान वाले दिन दिव्यांग जनों के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पर्याप्त परिवहन व्यवस्था दी जाये साथ ही उन्हें मतदान वाले दिन सार्वजनिक परिवहन के लिए मुफ्त पास भी दिये जायें

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दो किलोमीटर और पांच किलोमीटर की मैराथन दौड़ में शहर के नागरिको ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस दौरान दौड़ में शामिल लोगों ने मतदान करने की शपथ भी ली दौड़ में जिले के कई पुलिस और प्रशासनिक विभाग के अधिकारियो ने भी भाग लिया

उन्होंने बताया कि शेष जमा करने से बचे एक हजार शस्त्रों में वे भी शामिल है जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से छट दिया जाना है छूट देने के लिये पुलिस प्रशासन से विचार विमर्श चल रहा है और उसी के बाद निर्णय लिया जाएगा

इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को माइक्रो आब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है

नोटा यानि नन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं का विकल्प मतदान के दौरान अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीद्वार को वोट नहीं करना चाहता तो वो नोटा का इस्तेमाल कर सकता है

वाल्मीकि जयंती प्रदेशभर में वाल्मीकि जयंती पर आज अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया हमारे आगर मालवा संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि समाज ने आज शहर में शोभायात्रा निकाली जो नगर के प्रमुख मार्गो से बैण्ड बाजों के साथ निकाली गई वहीं इन्दौर में अखिल भारतीय वाल्मीकि सनातन धर्म सभा द्वारा शोभायात्रा और कलश यात्रा निकाली गई उज्जैन में सामाजिक समरसता नारी सम्मान और देश की अखण्डता को लेकर आदर्श वाल्मीकि महापंचायत ने वाहन रैली निकाली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं शरद पूर्णिमा आज शरद पूर्णिमा है इस अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल में खीर वितरण के कार्यकमों के साथ ही बडी झील में भगवान बटेश्वर को नौका विहार कराया जायेगा इन्दौर में भी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और खीर वितरण कार्यक्रम हो रहे हैं खंडवा में संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर आज शरद पूर्णिमा आस्था भक्ति के साथ मनाई जा रही है यहां रातभर हजारों भक्त अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए रतजगा करेंगे वहीं इस अवसर पर आगर मालवा जिले में भी विभिन्न मंदिरों की सजावट की गई है रात बारह बजे भगवान की आरती उतारी जायेगी उसके बाद चंद्रमा की धवल चांदनी में रखी गई खीर का वितरण किया जायेगा पन्ना में शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रणामी संप्रदाय के कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं यहां आज से चार दिन का महारास शुरू हुआ जबलपुर सहित अन्य जिलों से भी शरद पुणिमॉ पर विभिन्न कार्यक्रमों के समाचार मिल रहे हैं